सात बजे से बोर्ड की वेबाइसाइट पर परिणाम देखा जा सकता है हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों को यात्रियों के साथ शिष्टाचार व सही व्यवहार से बातचीत करने के लिए छ महीनें का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय किया है परिवहन मंत्री श्री कृष्ण पाल पंवार ने आज चंडीगढ़ में बताया कि प्रदेश सरकार ने चार वर्षो की उपलब्धियों की जानकारी देने के बुलायेएक प्रत्रकार सम्मेलन में कहा कि यह प्रशिक्षण भारतीय तेल निगम पानीपत के सहयोग से पानीपत रिफाईनरी परिसर बोहली में कराया जायेगा श्रू के पांच हजार चालक और इतने ही परिचालक प्रशिक्षत होंगे और यह बारी के आधार पर होगा एक प्रश्न के उत्तर मे परिवहन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष परिवहन बेडेमें छ सौ पचास नई बसे शामिल की जायेगी गत वर्ष वर्ष छ सौ बसे शामिल हई थी इन बसों डेढ़ सौ मिनी बसें डेढ़ सौ वातान्क्लित व तीन सौ पचास साधारण बसें शामिल है

विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए हर उच्चतर शिक्षण संस्थान तक निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई है

यम्ना नदी में जलस्तर बढ़ने से पलपल जिले के बीस गांव प्रभावित हए है यम्ना में पानी का बहाव डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र तक फैल गया है जिसके चलते हज़ारों एक़ फसल नष्ट होने के कगार पर है पलवल के उपाय्क्त मनीराम शर्मा व प्लिस अधीक्षक वसीम अकरम ने यम्ना के साथ लगते गांवों का निरीक्षण किया बहते जल स्तर से बागप्र राजूप्र दोस्त्प्र ग्रवाड़ी समस्त् प्र इंद्रानगर क्शक सुल्तानपुर मुस्तफाबाद रहीम पुर महाबलीपु अतवा सत्आगढ़ी थंथरी मेवली खटका बिल्लोप्र अंतवा और टप्पा तक पानी फैल च्का है जिसमें हजारों एकड़ सब्जी व चारे की फसल में पानी भर गया है पानी के गांवों में घ्सने में रोकने के लिए तीन तीन फ्ट की उंचाई में रिंग बांध बनाये जा रहे है उध्य म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और प्रभावित क्षेत्रों की गिरदावरी करवाने के आदेश भी दिये है उधर पलवल के आय्क्त मनीराम शर्मा ने यम्ना नदी मे जल स्तर बढ़ने से पलवल के यम्ना के साथ लगते गांवों में बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत पलवल होडल व हथीन में नोडल अधिकारी व बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिये गये है उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत व किसी तरह के प्रबंध बारे हन कक्षों से द्रभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है ताज़ा जानकारी के अन्सार पहाड़ी इलाकों में बारिश कम होने से यम्ना के जल स्तर में की आई है लेकिन प्रशासन पूरी चौक्सी बरत रहा है

यम्ना नगर से हमारे संवाददाता का कहना है कि इससे बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है उधर हथिनी कृंड बैराज से छोड़े गये पानी ने करनाल जिले में दस्तक दे दी है जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हए है

करनाल के करीब सात गांवों में हालात ज्यादा खराब है नगली कमापुर सहित सात गांवों का सम्पर्क शहर से टूट गया है जिला प्रशासन हर संभव मदद दे रहा है उधर सिंचाई विभाग भी बाढ़ की रोकथाम के लिए जगह जगह मिट्टी कट्टे भरवाकर बांध कर रख रहा है ताकि पानी गांवों तक न पहंचे पटवारियों व ग्राम सचिवों को बांध पर तैनात किया गया हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी ने आज चंडीगढ़ में भावांतर भरपाई योजना की समीक्षा बैठक में उचचधिकारियों को आने वाली फसलों के लिए योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये भावांतर भरपाई योजना का श्रूआत म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांगर गांव से गत वर्ष दिसम्बर में की थी जिसका उद्देश्य मंडी में सब्जी व फल की कम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा जोखिम कर करना और फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करना है एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि प्रथम चरण में चार सब्जियों टमाटर प्याज आल् फू लगोभी के संरक्षित मूल्य तय किये गये यदि किसानों को इन सब्जियों के दाम मूल्य से कम मिलते है तो सरकार इनकी भरपाई करेगी योजना का लाभ लेने वाले किसान को फसल की पैदावार के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाइट पर बागवानी भावांतर ई पोर्टल से पंजीकरण करना जरूरी है

बचाव पक्ष के वकील प्जा नागरा ने बताया कि सबूतों के अभाव के चलते छ आरापियों को बरी किया गया है हमारी संवाददाता ने बताया कि सभी आरोपियो पर विभिन्न धाराओं के तहत दंगे करना आगजनी व मारपीट करने का मामला दर्ज किया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी प्रक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया इसे बोर्ड की वेबसाइट पर शाम सात बजे से देखा जा सकता है

इन फैलटस की दरें स्थान के आधार पर साढ़े चार लाख से सात लाख रूपये की बीच होंगी

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना लाभ साढ़े छ प्रतिशतकी दर दिया जायेगा आवेदक सभी राष्ट्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से छ लाख रूपये तक के ऋण सुविधा ले सकते है यह ऋण बीस साल तक तक आसान मासिक किश्तों पर दिया जायेगा हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पीजीआई रोहतक में इलाज के अभाव में दम तोडने वाले एड्स पीडि़त दंपत्ति की मौत के मामले का कड़ा संज्ञान लिया है आयोग की अध्यक्षा प्रतिभा स्मन ने संस्थान पहंचकर डाक्टरों और पीडि़त पक्ष के बयान रिकॉर्ड किए